विभिन्न धर्मग्रुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की

उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में वर्च्अली उपस्थित रहे म्रुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नवीन संसद भवन निर्माण के शिलान्यास के ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश जनता की ओर से हार्दिक बधाई और श्रभकामनाएं दीं

तोमर किसान सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपतियां हैं सरकार उनके बारे में ख्ले दिल से बातचीत करने को तैयार है उन्होंने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह बात एकदम स्पष्ट है कि कृषि कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समिति पर कोई असर नहीं पडेगा पोखरियाल विद्यार्थी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज आगामी बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हो रहे देशभर के विद्यार्थियों के अभिभावकों और शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की एक घंटे के इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित उनकी विभिन्न समस्याओं और प्रश्नों के उत्तर दिए

इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्च्अल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया इसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं सीधी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मानव अधिकारों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया

आज मुम्बई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि आयु स्वास्थ्य और कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों पर विचार करते हए हज यात्रा की तारीख बढ़ाई गई है

वही किसान आंदोलन के चलते रेल प्रशासन में नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस विशेष ट्रेन को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया है

साथ ही प्राधिकरण द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजीनामा योग्य अन्य लंबित प्रकरणों के आपसी समझौते से निराकरण के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं